श्री गोयल ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को हर महीने जीएसटी जमा करना होगा लेकिन तिमाही रिटर्न भरनी होगी

इस बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जीएसटी में राहत देने संबंधी राज्य सरकार की विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कोटा स्टोन को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखने को अच्छा कदम बताया है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि उनकी सरकार के लगातार प्रयासों से राजस्थान आज कौशल विकास का हब बन चुका है श्रीमती राजे कल जयपुर में लघु उद्योग भारती द्वारा स्थापित किए जाने वाले कौशल विकास केन्द्र तथा जन कल्याण संस्थान के सांस्कृतिक शोध केन्द्र के भूमि पूजन समारोह को सम्बोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि तीन साल से प्रदेश स्किल डवलपमेंट के क्षेत्र में अव्यल है राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी है राज्यपाल कल्याण सिंह ने महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति विजय श्रीमाली के निधन पर दुःख व्यक्त किया हैं गौरतलब है कि श्री श्रीमाली का कल दिल का दौरा पड़ने से उदयपुर में निधन हो गया राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्रीमाली का निधन शिक्षा जगत में एक बड़ी क्षति है

केन्द्रीय आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित इस शिविर में योग ध्यान आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा से जुड़े लोग भाग ले रहे है सीकर जिले के नीम का थाना में बरसाती नाले में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई ये दोनों भाई बहन बकरियां चराने गए थे बरसाती पानी देखकर वहां नहाने लगे और पानी में डूब गए वहीं सीकर के फतेहपुर में रेलवे अण्डरपास के पास भरे बरसाती पानी में कल एक कार डूब गई यह कार फतेहपुर से मण्डावा जा रही थी इसमें सवार पांचों लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया झालावाड़ जिले के झालरापाटन के एक ही परिवार के चार सदस्यों की मध्यप्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई

प्रदेश के कई स्थानों पर बरसात का दौर जारी है भरतपुर में आज सुबह से ही बरसात हो रही है

वहीं पीबीएम अस्पताल में वार्ड में पानी भर गया जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सवाईमाधोपुर में भी कल जमकर बरसात हुई राजधानी जयपुर में भी शाम के बाद बरसात का सिलसिला जारी रहा भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता र्न बताया कि अधिकांश स्थानों पर बरसात होने से तालावों में पानी की आवक बनी हुई है